किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी के मुद्दे पर आज विधानसभा में हंगामा मुख्यमंत्री ने कहा सरकार किसानों का कर्जा माफ करने की मंशा रखती है

इसका इस्तेमाल केवल गृह मंत्रालय करेगा इसके माध्यम से सीमा क्षेत्र में सैन्य बलों की तैनाती में भी सहायता मिलेगी इस उपग्रह के जरिये दूरदराज के ईलाको में तैनात केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को संचार सुविधा भी दी जायेगी गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे लेकर बनी रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने ये जानकारी दी श्री सिंह ने कल नई दिल्ली में लघ् कृषक कृषि व्यापार संघ एसएफएसी के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ई नाम परियोजना कृषि बाजार को सरल सुगम और पारदर्शी बनाने का एक प्रयास है

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने खोज समिति की प्रमुख रंजना प्रकाश देसाई र्से कहा कि वह संभावित नामों की सूची अगले माह के अंत तक पेश करें पीठ र्न केंद्र सरकार को खोज समिति को आवश्यक सुविधाएं और श्रमबल मुहैया कराने का आदेश भी दिया ताकि वह अपना काम पूरा कर सके

ये गिरफ्तारियां कल नई दिल्ली में प्राधिकरण के कार्यालय में तलाशी के दौरान की गईं

केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने इस संबंध में आदेश पर हस्ताक्षर कर दिये है

प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचन्द कटारिया ने कहा कि सरकार ने किसानों की कर्जमाफी को लेकर जो आदेश निकाला है उसके सभी बिन्दुओं को स्पष्ट किया जाये इसका जवाब देते हुए सदन के नेता अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार की मंशा ठीक है और वह किसानों का कर्जा माफ करना चाहती है श्री गहलोत के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे और इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिये स्थगित कर दी

राज्य मंत्रिमण्डल की कल जयपुर में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि भविष्य में समयबद्व परीक्षाओं का आयोजन हो इसके लिये सभी अड़चनों को समय पर समुचित रूप से निस्तारित किये जाने के प्रभावी प्रयास किये जाएंगें मंत्रिमण्डल ने पंचायतीराज संस्थाओं और नगरीय निकायों में जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्रावधान को समाप्त करने वाले विधेयक के प्रारूप को भी मंजूरी दे दी है ये दोंनों विधेयक विधानसभा के वर्तमान सत्र में ही सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे इससे सभी नागरिकों को इन संस्थाओं में निर्वाचन के लिए समान अवसर उपलब्ध हो सकेंगे

आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि तकनीकी रूप से भारत एक उन्नत देश है और फाइव जी सेवा शुरू करने के लिए ट्राई हरसंभव सहायता देगा

वहीं पांच स्वाईन फ्लू पॉजीटिव मरीज अस्पताल में भर्ती हैं जिनमें गर्भवती महिला भी शामिल है

आज यहां बर्ड फेस्टिवल की शुरूआत हई